अयोध्या मुद्दे के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का देश विदेश में व्यापक स्वागत किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत की न्यायपालिका के इतिहास में यह स्वर्णिम अध्याय है क्योंकि दशकों प्राने मामले का अंत हुआ है उन्होंने कहा कि पूरे देश ने खूले दिल के साथ इस फैसले का समर्थन किया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने सभी पक्षों की दलीलें सुनी और यह खुशी की बात है कि अयोध्या का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाज के हर वर्ग ने इस फैसले का स्वागत किया है वह भारत की प्राचीन संस्कृति और सामाजिक सौहार्द की परम्परा का प्रमाण है प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय का फैसला और करतारपुर गलियारे का खोला जाना बर्लिन की दीवार गिरने के समान है जो एकता का संदेश देते हैं

इन सारी बातों को लेकर कहीं भी कभी भी किसी के मन में कोई कट्टता रही हो तो उसे तिलांजलि देने का भी दिन है उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय अमरीकी समुदाय ने कहा है कि यह निर्णय हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की जीत है एक बयान में हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इसे पुरातत्वविदों इतिहासकारों और भारतीय न्यायिक प्रणाली की जीत बताया है अमरीकी संस्था फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज ने इसे एक संतुलित निर्णय बताया है अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अन्य भारतीय नेताओं के बयानों की सराहना की है उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर प्रदेश सहित पूरे देश में हर समुदाय के लोगों ने संयम और सद्भाव से काम किया है श्री मोदी ने आज एक टवीट में कहा कि मामले के पक्षकार इकबाल अंसारी से लेकर फुलवारी शरीफ स्थित इमारत ए शरिया के अमीर हजरत मौलाना वली रहमानी ने भी कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आज नई दिल्ली में विभिन्न धर्म गुरूओं के साथ एक बैठक की और अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद शांति और सद्भाव बनाये रखने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया उनके निवास स्थान पर हुई यह बैठक लगभग एक घंटे तक चली बाद में धर्म गुरूओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि बैठक से शीर्ष धर्म गुरूओं के बीच संवाद कायम करने में मदद मिली जिससे सभी समुदायों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ेगी इधर राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में आज भी चौकसी बरती जा रही है गृह मंत्रालय से निर्देश मिलने के बाद नेपाल सीमा से सटे जिलों में चौकसी बढ़ा दी गयी है रेलवे की ओर से भी सभी स्टेशनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है इधर शेखपुरा जिला प्रशासन ने ग्यारह नवंबर को जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय वापस ले लिया है सिखों के पहले गूरु गूरुनानक देव जी महाराज के पांच सौ पचासवें प्रकाश पर्व के अवसर पर बिहार में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है पांच सौ पचासवें प्रकाशोत्सव के अवसर पर मुख्य समारोह पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में आयोजित किया जा रहा है प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में तख्त श्री हरिमंदिर साहिब से आज बडी प्रभात फेरी निकाली गयी जो निशान साहिब के साथ पंज प्यारों के नेतृत्व में राजधानी पटना के विभिन्न हिस्सों से गुजरी प्रभात फेरी में बडी संख्या में सिख श्रद्वालु शामिल हुए इस बीच गुरुद्वारे में आज से तीन दिनों का अखंड पाठ शुरु हो गया जो गुरु प्रर्णिमा के दिन संपन्न होगा कल नगर कीर्तन और शोभा यात्रा निकाली जायेगी जो शहर के विभिन्न हिस्सों से होकर गुजरेगी मुख्य समारोह का आयोजन गुरु पूर्णिमा के दिन होगा गुरुनानक देव जी के पांच सौ पचासवें प्रकाशोत्सव में भाग लेने के लिए देश विदेश से बडीं संख्या में सिख श्रद्धालु पटना साहिब पहुंच रहे हैं श्री गुरु नानक देव जी की पांच सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से पटना में मल्टी डिजिटल प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है राज्यपाल फागू चौहान कल राजकीय महिला महाविद्यालय गुलजारबाग में इस प्रदर्शनी का उदघाटन करेंगे महाकवि विद्यापति के निर्वाण दिवस के अवसर पर आज दरभंगा और समस्तीपुर में तीन दिवसीय मिथिला विभूति समारोह प्रारंभ हुआ विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के पहले दिन आज शोभा यात्रा श्रद्धांजलि सभा और मिथिला विभूति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया वहीं समस्तीपुर में महोत्सव का उद्घाटन करते हुए विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि विद्यापति का भक्तिभाव हम सभी के लिए प्रेरणा स्त्रोत है

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज सारण जिले के हरिहर नाथ मंदिर क्षेत्र में लगने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उद्घाटन किया इस अवसर पर पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि और सारण के सांसद राजीव प्रताप रूड़ी सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे

पैगम्बर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं को उजागर करने के लिए विभिन्न स्थानों पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को ईद ए मिलाद की शुभकामनाएं दी हैं बिहार राज्य हज समिति ने हज दो हजार बीस के लिए आवेदन की आखिरी तारीख दस नवंबर से बढ़ाकर पांच दिसंबर कर दी है समिति के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इलीयास ने बताया कि हज कमिटी ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी है उन्होंने बताया कि हज पर जाने की इच्छुक लोग जल्द से जल्द अपना पासपोर्ट बनवा लें बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तुफान बुलबुल के असर से प्रदेश में अगले कुछ दिनों में ठंड में वृद्धि होगी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि प्रदेश में अगले चौबीस घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे वहीं चौदह नवंबर से न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी जिससे ठंड बढ़ेगी बेगूसराय में आज अलग अलग स्थानों पर डूबने से एक महिला सहित आठ बच्चों की मौत हो गई गया मगध मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र के समीप अनियंत्रित ट्रक से कुचलकर एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं एसटीएफ जवान समेत पांच लोग घायल हो गये अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के बढ़ेपारा फोरलेन के पास एक मिनी ट्रक से पुलिस ने चार सौ तीस कार्टून विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर अयोध्या मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का देश विदेश में व्यापक स्वागत